मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री पत्र मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को पत्र लिखकर छत्तीसगढ़ के लिए केरोसिन आवंटन में की गई कटौती को वापस लेते हुए प्रतिवर्ष एक लाख ितिरपन हजार किलोलीटर केरोसिन का आवंटन देने का आग्रह किया है मुख्यमंत्री ने कहा है कि इससे छत्तीसगढ़ के सभी गरीब और जरूरतमंद परिवारों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से आवश्यकतानुसार केरोसिन सुगमता से प्रदान किया जा सकेगा मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री उज्जवला योजना के क्रियान्वयन के बाद सार्वजनिक वितरण प्रणाली के केरोसिन के आवंटन में कटौती की गई है एलपीजी सिलेंडर की अधिक दर होने और राज्य में एलपीजी प्रदाय की सुविधा सीमित होने के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में इसकी रिफलिंग दर नगण्य है मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री से यह भी आग्रह किया है कि सिंगल सिलेंडर कनेक्शन वाले राशन कार्डधारी को पीडीएस केरोसिन के लिए अपात्र नहीं माना जाए मंत्री शपथ सीतापुर के विधायक अमरजीत भगत ने अब से कुछ देर पहले राज्य के तेरहवें मंत्री के रूप में शपथ ली राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने उन्हें राजभवन में आयोजित समारोह में पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई इस अवसर पर कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सहित मंत्रिमंडल के अन्य सदस्य और जनप्रतिनिधि मौजूद थे

श्री भगत के मंत्री बनने के बाद अब मंत्रियों के विभागों में फेरबदल होने की संभावना है प्रधानमंत्री मन की बात प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आकाशवाणी से प्रसारित होने वाले मन की बात कार्यक्रम में कल देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे हर महीने के आखिरी रविवार को दिन में ग्यारह बजे प्रसारित होने वाले इस मासिक कार्यक्रम में प्रधानमंत्री कई महत्वपूर्ण विषय उठाते रहे हैं जवान श्रद्धांजलि बीजापुर जिले में माओवादी हमले में शहीद जवानों को आज रायपुर के माना बटालियन परिसर में श्रद्वांजलि दी गई मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और गृह मंत्री ताम्रध्यज साहू ने शहीद जवानों के पार्थिव शरीर पर पुष्पचक्र अर्पित कर उन्हें श्रद्वांजलि दी इस मौके पर पुलिस महानिदेशक डीएम अवस्थी सहित सुरक्षा बल के वरिष्ठ अधिकारियों ने भी जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की इसके बाद जवानों के पार्थिव शरीर को उनके गृहग्राम के लिए रवाना किया गया उल्लेखनीय है कि बीजापुर जिले के भैरमगढ़ थाना क्षेत्र के अंतर्गत केशकृतुल में कल हुए माओवादी हमले में सीआरपीएफ के तीन जवान शहीद हो गए थे गृह मंत्री एनडीआरएफ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आश्वासन दिया है कि राष्ट्रीय आपदा मोचन बल एनडीआरएफ और राज्य आपदा मोचन बलों को मजबूत बनाने तथा उनके उन्नयन के लिए केंद्र पूरी सहायता उपलब्ध कराएगा एनडीआरएफ से उन्होंने कहा कि वह अगले पांच वर्ष में अपने उपकरणों को उन्नत और स्वदेशी बनाने के लिए रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन के साथ सहयोग करे देश में ही विकसित उपकरण जरूरी है ताकि भारत आपदा मोचन के क्षेत्र में अग्रणी बन सके श्री शाह ने राज्य आपदा मोचन बलों की क्षमता बढ़ाने के लिए आयोजित वार्षिक सम्मेलन में कहा कि एनडीआरएफ को आपदा मोचन के क्षेत्र में विशेषज्ञता बढ़ानी चाहिए क्योंकि भारत प्राकृतिक आपदाओं की आशंका वाला देश है उन्होंने कहा कि आपदा मोचन बल के पास विश्वस्तरीय प्रौद्योगिकी और उपकरण होने चाहिए मुख्य सचिव एनजीटी मुख्य सचिव सुनील कुजूर ने राष्ट्रीय हरित अधिकरण एनजीटी के निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश सभी जिला कलेक्टरों को दिए हैं श्री कुजूर ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये कलेक्टरों से कहा कि एनजीटी द्वारा ठोस और द्रव्य अपशिष्ट प्रबंधन पॉलीथिन कैरीबैग नियंत्रण नदियों को प्रद्षण मुक्त रखने और औद्योगिक क्षेत्र में ग्रीन बेल्ट निर्मित करने संबंधी दिशा निर्देश दिए गए हैं इसका पालन कड़ाई से किया जाना चाहिए

खरीफ सीजन के लिए सहकारी समितियों से खाद बीज का उठाव भी तेजी से किया जा रहा है इस बीच कृषि मंत्री रविन्द्र चौबे ने रायपुर में जिला स्तरीय अधिकारियों की बैठक लेकर खरीफ फसल की तैयारियों सहित विभिन्न योजनाओं की समीक्षा की बैठक में उन्होंने अधिकारियों को नकली खाद बीज और दवा बेचने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए श्री चौबे ने कहा कि नकली खाद बीज और दवा का विक्रय सबसे बड़ा अपराध है उन्होंने कहा कि किसानों को सहकारी समितियों से खाद बीज और ऋण लेने में कोई परेशानी न हो इसका भी विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए

इसका लाभ एक मई दो हजार अट्ठारह से मिलेगा

आदेश के मुताबिक एक जुलाई दो हजार सत्रह से सातवें वेतनमान में पांच प्रतिशत और छठवें वेतनमान में एक सौ उनतालीस प्रतिशत की दर से महंगाई राहत स्वीकृत की गई है एक मई दो हजार अट्ठारह से इसका नकद भुगतान किया जाएगा पेंशनरों को एक जुलाई दो हजार सत्रह से स्वीकृत एक प्रतिशत सातवें वेतनमान में और तीन प्रतिशत छठवें वेतनमान में महंगाई राहत की एरियर्स राशि का नकद भुगतान किया जाएगा फेरबदल राज्य शासन ने भारतीय प्रशासनिक सेवा के अट्ठारह अधिकारियों की नई पदस्थापना के आदेश जारी किए हैं डॉक्टर मनिंदर कौर द्विवेदी को ग्रामोद्योग विभाग का प्रमुख सचिव पदस्थ करते हुए उन्हें कृषि विभाग के अंतर्गत उद्यानिकी मण्डी बोर्ड और दुग्ध महासंघ तथा आवासीय आयुक्त का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है सिद्दार्थ कोमल परदेशी को खेल और युवा कल्याण के साथ साथ महिला बाल विकास विभाग का दायित्व सौंपा गया है इसी तरह अविनाश चंपावत को उनके वर्तमान कर्तव्यों के साथ साथ सचिव पर्यटन और संस्कृति विभाग का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है सरगुजा संभाग के आयुक्त एके टोप्पो सचिव समाज कल्याण तथा आयुक्त निःशक्तजन बनाए गए हैं लंबे समय से बिना विभाग के मंत्रालय में पदस्थ संयुक्त सचिव अनिल कुमार ट्टेजा को वाणिज्य और उद्योग विभाग की जवाबदारी दी गई है ईमिल लकड़ा को सरगुजा संभाग का आयुक्त बनाया गया है संयुक्त सचिव टामन सिंह सोनवानी वर्तमान कर्तव्यों के साथ साथ संचालक कृषि और गन्ना आयुक्त का काम भी देखेंगे इसके अलावा जन्मेजय महोबे आयुक्त सह संचालक महिला बाल विकास नम्रता गांधी उप संचिव मंत्रालय अजीत वसंत संचालक भौमिकी और खनिकर्म इंद्रजीत सिंह चंद्रवाल सीईओ जिला पंचायत बस्तर कुलदीप शर्मा सीईओ जिला पंचायत सरगुजा एस जयवर्धन सीईओ जिला पंचायत कोरबा और प्रभात मलिक सीईओ रायपुर विकास प्राधिकरण के पद पर पदस्थ किए गए हैं इस बीच राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारी दीपक कुमार अग्रवाल को सीईओ जिला पंचायत बलौदाबाजार भाटापारा संतन देवी जांगड़े अपर कलेक्टर सरगुजा अजय कुमार अग्रवाल सीईओ जिला पंचायत जांजगीर चांपा और अनुप्रिया मिश्रा रजिस्ट्रार भू संपदा विनियामक प्राधिकरण का प्रभार दिया गया है जिले की चिट्ठी श्रोताओं आकाशवाणी समाचार द्वारा कल सुबह नौ बजकर पांच मिनट पर जिले की चिट्ठी कार्यक्रम का प्रसारण किया जाएगा जिले की चिट्ठी का यह कार्यक्रम आकाशवाणी के रायपुर केंद्र द्वारा प्रसारित होगा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 इस बार के अंक में नारायणपुर जिले की गतिविधियों के बारे में जानकारी दी जाएगी सांख्यिकी दिवस आज सांख्यिकी दिवस है दैनिक जीवन में सांख्यिकी का उपयोग बढ़ाने और नीति निर्माण में सांख्यिकी की उपयोगिता से लोगों को अवगत कराने के लिए यह दिवस मनाया जाता है

राष्ट्रीय सांख्यिकी प्रणाली की स्थापना में प्रोफेसर पीसी महालनोबिस के योगदान के स्मरण में उनकी जयंती पर यह दिवस मनाया जाता है इस मौके पर राजधानी रायपुर सहित प्रदेशभर में विभिन्न स्थानों पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया संक्षिप्त समाचार बीजापुर जिले के मिरतुर थाना क्षेत्र से सुरक्षा बलों ने चार स्थायी वारंटी माओवादियों को गिरफ्तार किया है नगरीय प्रशासन विभाग द्वारा नगरीय निकाय में कार्यरत शिक्षक संवर्ग के वेतन भुगतान के लिए लगभग पचास करोड़ रुपए का आबंटन जारी कर दिया गया है छत्तीसगढ़ संचालनालय स्थानीय निधि संपरीक्षा के अंतर्गत इकतीस सहायक संपरीक्षकों की पदस्थापना के आदेश जारी कर दिए गए हैं मुख्यमंत्री बाल भविष्य सुरक्षा योजना के तहत संचालित प्रयास आवासीय विद्यालयों में कक्षा ग्यारहवीं में प्रवेश के लिए चयनित विद्यार्थियों की दूसरी काउंसिलिंग छह और सात जुलाई को होगी दुर्ग रेलवे स्टेशन में शालीमार कुर्ला हावड़ा एक्सप्रेस की बोगी से तेरह बच्चों को मानव तस्करी के संदेह में उतारा गया है इन बच्चों को एक व्यक्ति महाराष्ट्र के धामन गांव स्थित मदरसे में ले जा रहा था

जांजगीर चांपा जिले के बम्हनीडीह थाना क्षेत्र के कपिसदा कनकपुर गांव के पास स्कूल वाहन और ट्रैक्टर के बीच हुई टक्कर में ड्राइवर सहित तेरह स्कूली बच्चे घायल हो गए